ये अवकाश राज्य में कोरोना मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के दृष्टिगत मंत्रिमण्डल की आज शिमला में हुई बैठक में लिया गया इस दौरान शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भी अवकाश रहेगा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने की

मंत्रिमंडल ने विभिन्न प्रकार के वाहनों पर लगने वाले टोकन टैक्स की दरें भी कम करने का निर्णय लिया है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग प्रदेश के पर्यटन को नई उंचाईयों तक ले जाएगी राज्यपाल कल्लू व लाहौल स्पिति जिला के दो दिवसीय प्रवास के आज दूसरे दिन अटल टनल रोहतांग पहुंचने पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि ये सुंरग बेमिसाल इंजीनियरिंग का नमूना है और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों तथा इंजीनियरों ने इसे तैयार कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है राज्यपाल ने इस दौरान केलांग में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और यहां के वातावरण को बहुत ही शांत और आनंददायक बताया उन्होंने लाहौल स्पिति की समृद्ध संस्कृति व प्राचीन धरोहर को संजोय रखने पर बल दिया

अदालत ने कहा कि युक्तिकरण के बाद यदि ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों में कुछ स्टॉफ सरप्लस पाया जाता है तो उनकी तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की जाए ये आदेश प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घणाहटी में डॉक्टरों और अन्य स्टॉफ की तैनाती को लेकर दायर एक याचिका पर दिए हैं

खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज शिमला में कहा कि राशन कार्ड में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को यह अतिरिक्त चीनी का कोटा मिलेगा

प्रचार अभियान सूचना व प्रसारण मंत्रालय के शिमला स्थित क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए चलाया गया मोबाईल वैन अभियान आज समाप्त हो गया कोरोना से बचाव के लिए उचित व्यवहार अपनाने के उद्देश्य ये अभियान छः नवम्बर को शुरू हुआ था

इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए उचित व्यवहार अपनाने के संदेश दिए गए जिनमें मास्क पहनना साबुन से बार बार हाथ धोना और दो गज की दूरी अपनाने जैसे संदेश शामिल थे क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों में कोरोना बचाव संबंधी पंफलेट भी बांटे गए किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने कहा है कि पठानकोट मण्डी फोरलेन सड़क के निर्माण को केंद्र ने मंजूरी दे दी है

किशन कपूर आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पठानकोट मण्डी फोरलेन को पांच भागों में विभाजित किया गया है

इसी उददेश्य के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हैल्पलाईन भी आरंभ की गई है जिसके तहत एक लाख से अधिक शिकायतों का समधान किया जा चुका है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के देहरा और धर्मशाला में स्थाई कैंपस निर्मित करने के लिए औपचारिकताएं पूर्ण करने में तेजी लाने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं

अनुराग ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस निर्माण के लिए बजट पहले ही मंजूर किया जा चुका है उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण और कैंपस निर्माण की डीपीआर की भी विस्तृत जानकारी ली पठानिया वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि जाईका परियोजना प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि ये परियोजना स्थानीय समुदायों अनुंसधान आधारित संगठनों और अन्य सरकारी विभागों के बीच महत्वपूर्ण भागीदारी को सक्रिय करने तथा इस परियोजना के तहत की जा रही गतिविधियों में रूचि बनाए रखने में सक्षम रही है पठानिया आज शिमला में जाईका परियोजना की तीसरे त्रैमासिक न्यूज लैटर के विमोचन अवसर पर बोल रहे थे इस न्यूज लैटर के माध्यम से परियोजना के तहत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी साझा की जाती है परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय लोगों के अपने ही हाथ में है उन्होंने लोगों को मास्क का ईमानदारी से प्रयोग करने बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का कड़ाई से पालन करने की अपील की विपिन परमार कोरोना से स्वस्थ होने के बाद आज पहली बार सुलह विधानसभा के डरोह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे

इनमें से सर्वाधिक सात मौतें शिमला जिले में हुई हैं इसके अलावा कुल्लू में दो और किन्नौर व बिलासपुर में एक एक कोरोना मरीज की मौत हुई